प्रधानमंत्री ने पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के समापन सत्र को किया संबोधित कहा भारत नई नीतियों के साथ आतंकवाद से निपटने को तैयार चारा घोटाले में सजायाफ्ता राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार विरोधी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज केली बंगला से शिफ्ट किये गये रिम्स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

राष्ट्र आज संविधान दिवस मना रहा है इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संविधान दिवस पर आज भारत के संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया उन्होंने राष्ट्रपति भवन से प्रस्तावना का पाठ कराया जिसे दरदर्शन द्वारा प्रसारित किया गया और इसमें देश के विभिन्न भागों से लोग शामिल हुए

इधर राजधानी रांची समेत राज्यभर में संविधान दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किये गये रांची स्थित सूचना भवन परिसर में संविधान की उद्देशिका का शपथ समारोह आयोजित किया गया कार्यक्रम में विभाग के सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान के प्रति समर्पित रहने की शपथ दिलायी गयी राज्य के विभिन्न जिला कार्यालयों और प्रखंडों में संविधान का प्रस्तावना पढ़ा गया लोहरदगा जिले में उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो के नेतृत्व में जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों ने संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया पाक्ड जिले में भी संविधान दिवस के मौके पर समाहरणालय न्यायालय और पुलिस केन्द्र के अलावा सभी सरकारी कार्यालयों और थानों में संविधान द्वारा दिये गये अधिकारों और दायित्वों का ईमानदारी से अनुपालन करने का संकल्प लिया गया पूर्वी सिंहभूम जिले के सरकारी कार्यालयों में भी संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने प्रस्तावना का पाठ किया जिसे उपस्थित अन्य पदाधिकारियों ने दोहराया और संविधान में निहित मार्ग पर चलने की शपथ ली गोड़डा जिले में भी पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के नेतृत्व में विभिन्न पुलिस कार्यालयों में पदाधिकारियों और कर्मियों को संविधान में प्रदत दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की शपथ दिलायी गयी राज्य के अन्य जिलों में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित कर संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत अब आतंकवाद से निपटने के लिए नई नीतियां अपना रहा है

प्रधानमंत्री ने उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी

राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर संतानबे प्रतिशत से ज्यादा हो गई है यहां अब तक एक लाख आठ हजार एक सौ अंठावन कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं इनमें एक लाख पांच हजार चालीस लोग स्वस्थ हो चुके हैं और दो हजार एक सौ साठ संक्रमितों का इलाज चल रहा है वहीं नौ सौ अंठावन लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है राज्य के चौबीस में से अठारह जिले ऐसे हैं जहां सक्रिय मामलों की संख्या सौ से भी कम हो चुकी है इधर पिछले चौबीस घंटे के दौरान पूरे राज्य में तीन सौ सोलह लोगों ने कोरोना को मात दी है वहीं दो सौ सैंतीस नए पॉजिटिव मामले सामने आने के अलावा तीन संक्रमितों की मौत हो गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे

इसे आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकेगा प्रधानमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद आकाशवाणी से यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा क्षेत्रीय भाषाओं में रात आठ बजे इसे दोबारा सुना जा सकेगा

बिहार के एनडीए विधायकों को प्रलोभन देने का मामला सामने आने के बाद आज उन्हें रिम्स के केली बंगला से पेईग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है उधर बिहार के भाजपा विधायक ललन पासवान ने श्री यादव के खिलाफ पटना के विजिलेंस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है राजद प्रमुख पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया है जैसा कि आपको मालूम है कि लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय में कल सुनवाई होनी है राज्य के एक सौ उन्नीस विद्यालयों को मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय प्रस्कार से नवाजा जाएगा तीन दिसंबर को आयोजित होनेवाले समारोह में इन विद्यालयों को स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन सम्मानित करेंगे इन विद्यालयों का चयन ऑनलाइन स्वच्छता प्रतियोगिता के आधार पर किया गया है इस प्रतियोगिता में पुरे राज्य से चौवालीस हजार चार सौ इकतालीस विद्यालयों ने भाग लिया था स्वच्छता के पांच मानकों के आधार पर इन सभी विद्यालयों की ग्रेडिंग की गई है वहीं समारोह में झारखंड एकेडिमक काउंसिल सीबीएसई और आईसीएसई की दसवीं बोर्ड और इंटरमीडिएट की परीक्षा में राज्यस्तर पर अव्वल आनेवाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी इन तीनों ही बोर्ड के उनसठ टॉपर्स को यह पुरस्कार दिया जाएगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आज आदिवासी यंगस्टर यूनिटी के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की प्रतिनिधिमंडल ने आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केन्द्र सरकार को भेजने के लिए मुख्यमंत्री को बधाई दी प्रतिनिधिमंडल ने ट्राइबल एडवायजरी काउंसिल में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने का आग्रह भी मुख्यमंत्री से किया केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उचित समय पर छात्रवृत्ति और फैलोशिप का भुगतान सुनिश्चित करने और इसके लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू करने का निर्देश दिया है शिक्षा मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तकनीकी शिक्षा खासतौर पर इंजीनियंरिंग पाठ्यक्रमों की शिक्षा मातुभाषा में शुरू करने का एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया गया जिसे अगले अकादमिक सत्र से प्रारंभ किया जाएगा उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य विद्यार्थियों का चहंमुखी विकास करना और देश की शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन लाना है यह भी फैसला किया गया कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी विभिन्न राज्यों के शिक्षा बोर्डो का आकलन करने के बाद प्रतियोगिता के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी अगले वर्ष की परीक्षाएं कैसे और कब कराई जायें इस बारे में शिक्षा मंत्रालय विद्यार्थियों उनके माता पिता और शिक्षकों की राय लेने के लिए एक अभियान चलायेगा मजदूर संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आज झारखंड में मिलाजुला असर देखा गया पलामू प्रमंडल में बैंककर्मी डाककर्मी और बीमाकर्मी हड़ताल पर रहे इस दौरान इन कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हआ हडताली कर्मियों ने अपनी मांगों पर जोर डालने के लिए धरना प्रदर्शन भी किया उधर औद्योगिक नगरी जमशेदपुर में भी विभिन्न केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र फेडरेशन ने संयुक्त रूप से प्रदर्शन किया राज्य के अन्य जिलों में भी हड़ताली मजदूरों ने प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने आज धनबाद जिले के गोविंदपुर थाने में पदस्थापित प्रशिक्ष् दारोगा मुनेश तिवारी को पचास हजार रूपये घूस लेते गिरफ्तार कर लिया शिकायतकर्ता के अनुसार मुनेश तिवारी ने कोयला के एक व्यवसायी से केस खत्म करने के नाम पर दो लाख रूपये की मांग की थी आरोप का सत्यापन करने के बाद एसीबी की टीम ने मुनेश तिवारी को घूस लेते रंगेहाथों दबोच लिया राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल गरज के साथ बौछारे पड़ सकती हैं आज दिनभर आसमान में बादल छाये रहे मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिण के राज्यों में आये चकवाती तूफान निवार के कारण मौसम में यह परिवर्तन हुआ है इसके अलावा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाको में साइक्लोनिक सर्कलेशन बनने का असर भी झारखंड पर दिखाई पड़ रहा है मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि आसमान में बादल छाये रहने के कारण अगले दो दिनों तक तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं देखने को मिलेगा